उधर राह्ल गांधी ने नूंह में एक जन रैली को सम्बोधित करते ह्ये कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर राज्स्थान पंजाब मध्यप्रदेश की तर्ज पर किसानों के कर्जे माफ किये जायेंगे

हरियाणा में एक माह तक चले नशा रोधी अभियान के तहत तीन सौ छियासी मामले दर्ज कर चार सौ तिरासी लोगों को गिरफ्तार किया गया हरियाणा में च्नावी प्रचार पूरे चरम पर है और कांग्रेस और भाजपा के नेता अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में जनसभायें कर रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बल्लभगढ़ में चुनावी सभा को सम्बोधित करते हये कहा कि ट्कड़ों में कांग्रेस हरियाणा के विकास करने में सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश को ओर आगे ले जा सकती है उन्होंने कहा कि पांच साल पहले जो भाजपा नेत्तत्व पर सवाल उठा रहे थे आज उनके सामने मनोहर लाल हरियाणा के कैप्टन है उन्होंने कहा मुख्यमंत्री और उनकी टीम हरियाणा के विकास के लिए ऐड़ी चोटी का जोर लगा रही है

राफेल विमान सौदे पर विपक्ष के आरोप पर श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस के विरोध के वाबजूद भाजपा राष्ट्रीय स्रक्षा को लकर प्रतिबदव है दूसरी और कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने भी आज नूंह में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में बोट मांगे उन्होंने कहा कि देश की अथव्यस्था को स्धारने के लिए कांग्रेस दवारा सुझाई गई न्याय योजना को लागू किया जाना जरूरी है क्योकि गरीब मजदूर और किसानों के पास जब पैसा आयेगा तो अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी

उन्होंने कहा कि हरियाणा पंजाब और मघ्यप्रदेश में कांगेस की सरकार आते ही किसानों के कर्जे माफ कर दिये गये और यदि हरियाणा में कांग्रेस सता में आती है किसानों के कर्जे माफ किये जायेंगे राहल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठे वादे करने और बेरोज़गारी बढ़ाने का आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि वो जो कहते है वो करके दिखाते है रैली में राहल गांधी नोटबंदी का जिक्र करना भी नहीं भूले और सरकारपर अनिल अम्बानी अदानी सहित सभी बड़े उदयोगपतियों को लाभ पहंचाने का आरोप भी लगाया भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने वाली पार्टी बताते हये उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सबको जोड़ना है

उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस के घोषण पत्र पर टिपपणी करते हये कहा कि यदि कांग्रेस को तीन बार भी सरकार भी बचाने का अवसर मिले तो वे इन वायदों को पूरा नही कर सकेगी मुख्मयंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षित पंचायतो के लिए काम किया है जबकि कांग्रेस पार्टी सता मे आने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की शैक्षणिक योग्यता समाप्त करने की बात रही है उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हये कहा कि सरकार ने युवाओं को बेहतर शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाने के लिए बैंकों से मिलने वाले ऋण को आसान बनाया ताकि प्रदेश के युवा देश या विदेश में उच्च शिक्षा ले सके

उन्होंने इनैलो का घेरते हये कहा कि अपने कार्यो के चलते कई नेताओं को जेल जाना पड़ा मुख्यमंत्री ने जजपा सहित अन्य पार्टियों की आलोचना भी की करनाल मे चुनाव प्रचार के दौरान मुख्मयंत्री ने सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और मतदाताओं की जागरूक करने और मतदान करने व करवाने की शपथ भी दिलाई करनाल मे उन्होंने द्वष्यंत चौटाला की आलोचना करते हये कहा कि वो बिना सोचे कुछ बोल रहे है पलवल विधान सभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी दीपक मंगला ने भी अपने समर्थकों के साथ जमकर चुनाव प्रचार किया जनरल समाज पार्टी के प्रतयाशी राहल कुमार शर्मा ने भी आज बरवाला में घर धर जाकर लोगों से सम्पर्क किया और सामान्य वर्ग के मुददे उठाते हये लोगों से वोट मांगे उधर पंचकूला से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र मोहन बिशनोई ने आज वकील समुदाय से मुलाकात की

वकील समुदाय से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि लोगों से उनहें अच्छा समर्थन मिल रहा है और विकास के मुददे पर चूनाव लड़ रहे है उन्होंने आरोप लगायाकि पंचक्ला मे काम न होने से ये शहर बीस साल पीछे चला गया है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी नरेनद्र सिंह तोमर ने नारनौंद में रैली की और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हरियाणा को लूटने का काम किया है जबकि बीजेपी सरकार ने न खाने न खाने देने की नीति को अपनाया उन्होंने कहा कि विपक्षी दल झूठ बोल कर जनता से घोखा कर रहे है कैप्टन अभिमन्यू ने आज कई जन सभाओं को सम्बोधित किया

पेट्रोलियम मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारत ऊर्जा फोरम को सम्बोधित करते हये यह बात की

उन्होंने वित्तमंत्री निर्मला रमण से अपील की कि वे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवसथा के तहत लाने पर विचार करें विमानन टरवाई इंधन को प्रांरभिक रूप से वस्तू एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत लाया जायेगा

इस अवसर पर बोलते हये श्रीमती सीता रमण ने निवेशकों को आशवासन दिया विभिन्न ऊर्जा समझौतो के तहत अनुबंध प्रतिबद्वताओं करेगा

प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने पंचकूला में बताया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मादक पदार्थो की आपूर्ति के नेटवर्क का तोडने व इसमें संलिप्त नशा कारोबारियों को काबू करने के लिए पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया था हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कालका विधानसभा क्षेत्र में पीठासीन अतिरिक्त पीठासीन व पोलिंग अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिये आज पंचकूला में प्रशिक्षण दिया गया

करनाल जिला प्रशासन ने करनाल और आसपास किसानों दवारा धान के अवशेष को जलाये जाने पर रोक लगाने के लिए अपनी टीमे भेंजी है

साथ ही किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ किला नंबर के आधार पर कार्रवाई की गई है

इनमें चण्डीगढ़ हिमाचल प्रदेश के सोलन और सिरमौर तथ पंजाब के मोहाली नगर शामिल हैं

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि शंकर झा ने आज न्यायामूर्ति प्ल्लगोरू वैंकट संयज क्मार को पंजाब एवं हरियाणा के नए न्यायाधीश के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई